राज्य सरकार ने कहा बिहार में कोई जिला नहीं होगा ग्रीन जोन में

बाकी बचे तैंतीस जिले ऑरेंज जोन में प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के ग्यारह नये मामले सामने आये

समस्तीपुर जिला भी संक्रमण की चपेट में

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी कामगारों और छात्रों से रेल किराया नहीं लिया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि रेल किराया का पचासी प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार जबकि पंद्रह प्रतिशत राज्य सरकारें वहन कर रही हैं

उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन सेंटर में इक्कीस दिनों के प्रवास के बाद उन्हें यह राशि दी जायेगी

इधर बिहार लौटे प्रवासी श्रमिकों ने राज्य वापसी पर प्रसन्नता जताते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि कोटा से प्रतिदिन एक ट्रेन का संचालन होगा उन्होंने बताया कि आज कोटा से खुली ट्रेनें बेगूसराय और गया स्टेशन पहुंची जिससे नौ सौ चौरानवे छात्र आये हैं वहीं श्रमिकों को लेकर एक एक ट्रेन केरल के त्रिशुर और एर्नाकुलम से दानापुर स्टेशन पहुंची है उन्होंने बताया कि कल कोटा से एक ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी वहीं त्रिशुर से भी एक ट्रेन दरभंगा पहुंचेगी अहमदाबाद और एर्नाकुलम से एक एक ट्रेन कल मुजफ्फरपुर आयेगी दूसरी तरफ कन्नूर से सहरसा कोझिकोड से कटिहार एर्नाकुलम से बरौनी तथा बेंगलूरू से दानापुर भी कल एक एक ट्रेन आयेगी रेलवे ने स्पष्ट किया है कि सत्रह मई तक सभी प्रकार की रेल यात्री सेवाओं पर रोक है विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अभी प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाडियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं केन्द्र सरकार ने एक बार फिर कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रक और मालवाहक गाड़ियों के परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं है

केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ओरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है

स्कूल और रीक्षिक संस्थान भी बंद रहेगे हालांकि कृषि से जुड़े समी कार्यो की अनुमति जारी रहेगी ग्रामीण भारत में समी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्क इकाइयां और ईट मेटे रामिल है सुचार रूप से कार्य कर सकेंगे सड़क मार्ग से माल यातायत पर भी कोई रोक नही है अस्पतालों में सामान्य ओपी डी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अव खोले जा सकेंगे कुल मिलाकर लॉकडाउन गया तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली इधर बिहार सरकार ने सभी जिलों को सिर्फ रेड और ऑरेंज जोन में बांटा है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि बिहार में कोई भी जिला ग्रीन जोन नहीं होगा उन्होंने कहा कि नए इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों और छात्रों के प्रवेश को देखते हुए यह फैसला किया गया है उन्होंने बताया कि रेड जोन में आने वाले पांच जिले मुंगेर पटना रोहतास गया और बक्सर में केन्द्र सरकार के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश ही लागू रहेंगे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की दुकानें नहीं खोली जायेंगी वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले तैंतीस जिलों में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिये ई कॉमर्स सेवा निर्माण कार्य उद्योग धंधे तथा बाल काटने की दुकानें स्पा और सैलून को भी खोलने की अनुमति दी गयी है उन्होंने बताया कि इसके अलावा जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि वे आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने के संबंध में निर्णय लें पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक द्रसरे जिले के बीच आवागमन के लिये जिलाधिकारी को पास निर्गत करने का आदेश दिया गया है पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय ने लोगों से लॉकडाउन के तीसरे चरण में विशेष एहतियात बरतने को कहा है

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के ग्यारह नये मामलों की प्रष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पांच सौ अट्ठाईस हो गयी है आज मधुबनी से पांच कैमूर से दो पश्चिम चंपारण तथा समस्तीपुर से एक एक मामला सामने आया है राज्य में अब तक एक सौ उनतीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार लोगों की मौत हुई है समस्तीपुर जिले में संक्रमण का मामला सामने आने के साथ ही अब इस महामारी की चपेट में बत्तीस जिले आ चुके हैं हमारे समस्तीपुर संवाददाता ने बताया कि दिल्ली से लौटे पच्चीस वर्षीय युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है वह दलसिंहसराय के क्वारेंटीन केन्द्र में रह रहा था इधर देश भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर बयालीस हजार आठ सौ छत्तीस हो गयी है इनमें ग्यारह हजार सात सौ बासठ लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं जबकि एक हजार तीन सौ नवासी लोगों की मृत्यु हुई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहा है कि देश में कोविड उन्नीस से मरीजों के ठीक होने की दर छब्बीस प्रतिशत से ऊपर हो गई है उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें क्योंकि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पायेंगे

ये वक्त हमें और अधिक मात्रा में संयम और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे की सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता क्लीनीनेश यूज ऑफ मास्क है हेंड वासिंग बाकि जो भी चीजें बताई जाती है आमतौर पर इसको हमें निरंतर इसेंका पालन हमें करते रहना होंगा लॉकडाउन थ्री के दौरान भी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी लोगों से परस्पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है

घर में रहिएं और कोरोना को घर से बाहर रखिये आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के रहने के लिये प्रखंड मुख्यालयों में क्वारेंटीन केन्द्र बनाये गये हैं जहां खाने पीने से लेकर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों पर जो व्यक्ति खुद खाना बनायेंगे उसके एवज में सरकार भुगतान करेगी श्री अमृत ने कहा कि बच्चों के लिये दूध की भी व्यवस्था की गयी है साथ ही लोगों को कपड़े और बर्तन भी दिये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से इन केन्द्रों में रहने वाले लोगों की निगरानी हो रही है

बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा है कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने देश में कोविड उन्नीस महामारी की स्थिति को देखते हुए वर्ष दो हजार बीस के लिए सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी है आयोग बीस मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा

कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए नियोजित माध्यमिक शिक्षकों ने हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला किया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी उन्होंने बताया कि सरकार नो वर्क नो पे के सिद्वांत के अनुरूप हड़ताल की अवधि को छुट्टियों में समंजित करेगी उन्होंने बताया कि समंजन के बाद ही हड़ताल की अवधि का भूगतान किया जायेगा श्री महाजन ने कहा कि शिक्षकों पर की गयी अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लिया जायेगा हालांकि तोड़फोड़ और हिंसा के मामले वापस नहीं लिये जायेंगे

राज्य सरकार ने कहा बिहार में कोई जिला नहीं होगा ग्रीन जोन में

बाकी बचे तैंतीस जिले ऑरेंज जोन में प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के ग्यारह नये मामले सामने आये

समस्तीपुर जिला भी संक्रमण की चपेट में